मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ धर्मशाला में इन्वेस्टर मीट के प्रबंधों पर विभिन्न बैठकें कर जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं शहर की साज सज्जा और सुरक्षा के भी पुख्ता प्रबंध किए जा रहे हैं मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र का आज धर्मशाला में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट को लेकर एक प्रैस वार्ता करने का कार्यक्रम है इसके अलावा वे बैठक कर तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे

इसके अलावा कई केन्द्रीय मंत्रियों का भी इसमें शामिल होने का कार्यक्रम है

इन सभी परीक्षाओं की सूची बोर्ड की वैबसाईट पर भी उपलब्ध हैं लवी अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले के उपलक्ष्य में रामपुर के लवी मेला मैदान में चमुर्थी घोड़ों की प्रदर्शनियां आरम्भ हो गई हैं

मौसम प्रदेश के अधिकांश भागों में आज मौसम आमतौर पर साफ बना हुआ है पिछले दिनों ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हुए हिमपात से तापमान में गिरावट आई जिससे ठंड बढ़ गई है

विभाग ने मध्यम उंचाई वाले इलाकों में कुछ स्थानों पर गरज के साथ तूफान व भारी वर्षा की चेतावनी भी जारी की है अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने धर्मशाला में होने वाली इंवेस्टर मीट से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है सीएम जयराम समेत सरकार ने धर्मशाला में डाला डेरा दैनिक जागरण के मुताबिक प्रबंधों से खफा मुख्यमंत्री ने अफसरों को लगाई लताड़ दिव्य हिमाचल का शीर्षक है धर्मशाला से लौटाए कई अधिकारी इंवेस्टर मीट में अफसरशाही के जमघट से सरकार नाराज पंजाब केसरी ने लिखा है इंवेस्टर मीट में भाग लेकर खुद परखें कांग्रेस विधायक मुख्यमंत्री के बयान को आपका फैसला ने सुर्खी दी है धर्मशाला में ऐतिहासिक होगी ग्लोबल इन्वेस्टर मीट

दैनिक सवेरा टाइम्स की एक खबर है इन्वैस्टर्स मीट के बाद होगा जयराम मंत्रिमण्डल का विस्तार मंत्रिमण्डल में शामिल होंगे दो नए चेहरे कुछेक के विभाग भी बदलेंगे अजीत समाचार का शीर्षक है जल्द किया जाएगा मंत्रिमण्डल का विस्तार नवनिर्वाचित विधायकों नैहरिया रीना ने ली शपथ अमर उजाला की सुर्खी है जबकि आपका फैसला का शीर्षक है राजीव बिंदल ने नवनिर्वाचित विधायकों रीना कश्यप तथा विशाल नैहरिया को दिलाई शपथ लेक्चरर भर्ती मामले में आयोग व शिक्षा विभाग से रिकॉर्ड तलब लेक्चरर भर्ती में गैर हिमाचलियों को रखने के नियमों पर बवाल दैनिक जागरण की खबर है हिमाचल में आज से बदला हेली टैक्सी उड़ान का समय अमर उजाला की खबर है